आज पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से राजनाथ दौरा केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन ग्लेशियर का दौरा कर वहां की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे श्री सिंह के साथ थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत भी रहेंगे अधिकारिक जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री सियाचिन में सैनिकों और अधिकारियों के साथ दुनिया के इस सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनाती के दौरान सैनिकों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे

इसके अलावा प्रदेश के चार लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है बैठक में छतरपुर की हीरा खदान की नीलामी को स्वीकृति भी दी जाएगी आज होने वाली बैठक में किसानों के ऊपर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के लिए अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट गृह मंत्री बाला बच्चन कैबिनेट में रख सकते हैं मुख्यमंत्री ने पिछली कैंबिनेट बैठक में गृह मंत्री को इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे गहमंत्री समीक्षा गृह मंत्री बाला बच्चन आज भोपाल स्थित मंत्रालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे इसमें महिलाओं के विरूद्ध अपराधों और कानून व्यवस्था में कसावट लाने के बारे में निर्णय लिये जायेंगे बैठक में प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा और डीजीपी विजय कुमार सिंह मौजूद रहेंगे पटेल पीसी केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें जो दायित्व दिया है उससे संबंधित कार्य समय सीमा में पूरे किये जाएंगे और नई योजनाएं जल्द लागू की जाएगी अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे श्री पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जबलपुर के आसपास पर्यटन की असीम संभावनाएं है नर्मदा के कई घाटों का जहां पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाना है वहीं डुमका में वन्य जीवों के लिये सुरक्षित पार्क की भी संभावनाए मौजूद हैं इस दिशा में ठोस योजना तैयार कर काम की शुरूआत की जाएगी शिविर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने प्रभार के राजगढ़ जिले में सभी जनपदों में जन समस्या निवारण शिविर लगाने के निर्देश दिये हैं कल राजगढ़ में जिला योजना समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना में सभी पात्र किसानों को लाभान्वित करें मोहनपुरा और कुण्डालिया बांध परियोजनाओं के विस्थापितों के पुनर्वास के कार्य समय सीमा में प्ररे किये जायें प्रभारी मंत्री ने जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये समिति की बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह भी शामिल हुए कांग्रेस समीक्षा कांग्रेस सचिव और मध्यप्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर ने कल इंदौर में पश्चिमी अंचल के तहत आने वाले छह संसदीय सीटों पर लोकसभा चुनाव में पार्टी के पराजय के कारणों की समीक्षा की श्री कपूर ने धार झाबुआ रतलाम खंडवा खरगोन देवास शाजापुर और इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को मिली हार के कारण जानने का प्रयास किया इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों से मुलाकात कर हार के कारणों के संबंध में चर्चा की

मौसम विभाग ने सिंगरौली रीवा सीधी सिवनी खरगोन बैतूल बुरहानपुर अनूपपुर डिंचोरी बालाघाट देवास सतना एवं छिंदवाड़ा जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ धूल भरी आधी चलने की संभावना जताई है विभाग ने मंडला रीवा जबलप्र उज्जैन सागर ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों और उमरिया रायसेन राजगढ़ खरगौन और शाजापुर जिलों में तीव्र लू का अलर्ट जारी किया है

जिले में भीषण गर्मी से प्राकृतिक जल स्त्रोत सूख गये हैं और मवेशियों के लिये पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है

धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती और शनि जयंती के संयोग पर नर्मदा में स्नान का विशेष महत्व होता है होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्वाल सुबह से ही नर्मदा नदी में स्नान कर रहे हैं श्रद्वालुओं की भारी भीड़ को शहर के ट्राफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है दो पहिया और चार पहिया वाहन घाट तक नहीं जाने दिए जा रहे हैं सोमवती अमावस्था पर गोवा एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनों का स्टापेज भी होशंगाबाद में दिया गया है उधर उज्जैन में सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर शिप्रा के घाटों श्रद्वालुओं का सैलाब उमड़ रहा है यहां जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन नगर निगम सहित सभी ने आवश्यक इंतजाम किये है खंडवा में भी श्रद्वालु प्राचीन शनि मंदिर में काले तिल और तेल से अभिषेक कर रहे हैं वहीं जिले के ऑकारेश्वर में नर्मदा नदी में सोमवती अमावस्या के अवसर पर पूण्य स्नान कर रहे हैं मुख्यमंत्री रोजा इफ़तार मुख्यमंत्री कमलनाथ कल भोपाल में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील के निवास पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इबादत से बड़ी कोई चीज नहीं है इफ्तार में राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा तथा विभिन्न धर्मो के उपासक भी शामिल हए मुख्यमंत्री भोपाल विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष मो सलीम के निवास पर आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में भी पहुंचे

ब्रहानपुर में सुबह ईद की विशेष नमाज न्यू नजमी मस्जिद में आमिल अली असगर साहब पढ़ाएंगे

ईद की तैयारी को लेकर बाजार गुलजार हैं ईद की तैयारी को लेकर कच्चे कपडे के साथ रेडिमेट क्राकरी ज्वेलरी सहित शू बाजार भी शबाब पर है ईद पर नए कपडों के साथ घरों की साज सज्जा भी बडे स्तर पर की जाती है जिस को लेकर भी तैयारियां जोरो पर है

एमए एमएफए एमफिल पीएचडी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा होगी इच्छुक विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा

इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया आज नॉटिंघम में दोपहर तीन बजे से इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होगा भारत साउथम्पाटन में बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरूआत करेगा

इस हादसे में एक प्रधान आरक्षक की मौत हो गयी

वहीं एक युवक घायल हो गया